उन्होंने कहा कि यह संगठन वैश्विक एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद और फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष के लिए भी विश्व समुदाय का आहवान किया उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद बेबुनियाद खबरें फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत पूरे विश्व के लिए विशेषकर सुलभ दवाओं की दृष्टि से फार्मेसी माना जाता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान भारत ने यह उदाहरण सामने रखा है कि लोकतंत्र अन्शासन और स्पष्ट निर्णय क्षमता से किस तरह वास्तविक जन आंदोलन सृजित किया जा सकता है कई राज्य गृह मंत्रालय की पूर्णबंदी के तीसरे चरण के लिए घोषित छूट लागू कर रहे हैं लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है ग्रीन औरेंज और रेड जोन में कुछ प्रतिबंधों के साथ कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है इन रियायतों का उद्देश्य दिहाड़ी कामगारों प्रवासी श्रमिकों और संकटग्रस्त लोगों की कठिनाइयों को दूर करना है प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए पंजीकरण के लिए लोगों को विशेष पोर्टल जारी किया है

इस पर इच्छ्क व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आने और बाहर जाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकता है राज्य सरकार इसके आने जाने की व्यवस्था करेगी

सात उड़ानें महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए जबकि ग्रजरात के लिए पांच उड़ानें निर्धारित की गई हैं पहले सप्ताह में अधिकतर उड़ानें खाड़ी देशों से संचालित हों गी इस बीच नौसेना ने पुष्टि की है कि मालदीव और अमारात में फंसे भारतीयों को लाने के लिए तीन जहाज भेजे गए हैं आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर को मालदीव भेजा गया है आईएनएस शार्दूल को दुबई रवाना किया गया है सरकार ने स्पष्ट किया है कि कवल संक्रमण मुक्त लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जांच संगरोध और वापसी के बाद आगे की यात्रा के लिए प्रबंध करेंगी

अपलोड किये गये ऑर्डरों के आधार पर रोगियों के घरों पर दवाइयां वितरित की जा रही हैं इस अभिनव उपाय से उपभोक्ताओं द्वारा औषधियों की आसान खरीद के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सूनिश्चित किया जा रहा है

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वृद्धि के लिए भारत सरकार की एडवायजरी के अनुरूप उद्योग धन्धों को पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संचालित कराने के आदेश दिये हैं

उन्होंने कहा है कि उद्योग धन्धों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों में संशोधन पर विचार किया जाए जिसके लिए नई सेक्टोरल नीति लाई जाए सिंगिल विंडो प्रणाली को मजबूती से लागू किया जाए तथा लेबर रिफॉर्म के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाए श्री अवस्थी ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यरत अकुशल श्रमिकों की संख्या के आधार पर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है

उन्होंने बताया कि निजी और सरकारी लैब में की गई जांचों को मिलाकर प्रदेश में अब तक एक लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किये जा चूके हैं

साथ ही समस्त सरकारी चिकित्सालय पूर्व की भांति आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं मुहैया करा रहे हैं

देशभर के विद्यार्थियो के साथ चर्चा के दौरान उन्होंन कहा कि जे ई ई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी

मेरी शुभकामना है कि आप खूब अच्छी तैयारी करें और आप चिंतित मत होइए ये वक्त आपको मिल रहा है ये हो सकता है ये वक्त कई बार परेशानियां आदमी को और ऊंचाइयां देने के लिए होती हैं श्री निशंक ने कहा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की लंबित बोर्ड परोक्षाओं के सबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थीं

यह विशेष कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

उन्होंने विभिन्न कार्यो में प्रशासन की सहायता के लिए एनसीसी कैडेटों की भूमिका की सराहना की इसमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करना आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण और मास्क बनाना तथा यातायात का प्रबंधन शामिल हैं

मथुरा जिले के उमरी गांव के समीप ट्रक और टेंपो की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गये मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले थे और अपने घर जा रहे थे

हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच ने अस्पताल में दम तोड दिया दुर्घटना की जांच की जा रही है देश के अधिकांश इलाकों में आज आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ लखीमपुर जिले में आई तेज आंधी से काफी नुकसान के होने के समाचार है अयोध्या चित्रकूट जौनपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा हुई है राजधानी लखनऊ में भी दोपहर बाद आंधी के साथ तेज बारिश हुई आगामी चौबीस घंटों में मौसम के सामान्य रहने का अनुमान है